प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगा है संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा आज नई दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री राजनाथ सिंह संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार संसदीय काय राज्य मंत्री विजय गोयल कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा बैठक में शामिल हुए पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि सभी दलों ने सरकार को सहयोग देने का आश्वासन दिया है सर्वदलीय बैठक बहुत अच्छे माहौल में रही और बैठक में विपक्ष कांग्रेस से लेकर सभी पार्टियों ने एक सुर से एकजुट होकर सदन चलाने के लिए पूरा सहयोग देने की उन्होंने बात कही और कई विधायी कार्य कई राष्ट्रीय समस्याएं चुनौतियां इन सारे मामलों के बारे में भी चर्चा करने के बाद वहां मुद्दे उठाये गए संसद का मॉनसून सत्र कल से नई दिल्ली में शुरू होगा और यह दस अगस्त तक चलेगा

सरकार लोकसभा में इस विधेयक को पारित कर चुकी है और ये राज्यसभा में विचाराधीन है राज्य में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों का मकान किराया भत्ता एचआरए और नगर प्रतिकर भत्ता सीसीए दोगूना करने का फैसला किया गया है यह निर्णय आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया बढ़ा हुआ आवास किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता इसी वर्ष एक जुलाई से देय होगा जिसका भुगतान अगस्त माह में मिलने वाले वेतन में किया जायेगा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्य के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि बढ़े हुए एचआरए तथा सीसीए का लाभ राज्य के आठ लाख पचास हजार कर्मचारियों और साढ़े पांच लाख सरकारी शिक्षकों तथा एक लाख से अधिक शिक्षणत्तर कर्मचारियों को मिलेगा

उन्होंने बताया कि आबादी के हिसाब से विभिन्न क्षेत्रों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है

यह भत्ते तीन सौ चालीस रूपये से लेकर नौ सौ रूपये के बीच अलग अलग श्रेणियों के लिए होंगे

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल के एक अन्य निर्णय के अनुसार केन्द्र के दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर भी मोहर लगाई गई उन्होंने बताया कि ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली हानिकारक गैस सल्फर डाई आक्साइड से पर्यावरण को बचाने क लिए प्रदेश सरकार ने सभी ताप विद्युत संयंत्रों में आवश्यक व्यवस्था करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है इसके तहत प्रथम चरण में ताप बिजली घर अनपरा डी में संयंत्र लगाने के लिए मंजूरी दी गई है

उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी तापीय विद्युत संयंत्रों में इस तरह की इकाईयां वर्ष दो हजार बाईस तक स्थापित की जानी है इसका उद्देश्य पर्यावरण को कोयले के जलने से उत्सर्जित होने वाली हानिकारक गैस से बचाना है राज्य में एनटीपीसी और प्रदेश सरकार के अधीन सभी विद्युत घरों के अलावा सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बिजली घरों में भी यह इकाईयां लगाई जायेंगी इन इकाईयों की स्थापना से बिजली के उत्पादन लागत में पांच फीसदी बढ़ोत्तरी का अनुमान है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

प्रदेश में पिछले कई दिनों से चल रही लेखपालों की हड़ताल समाप्त हो गई है आज लखनऊ में हड़ताली लेखपालों के प्रतिनिधियों और राजस्व परिषद के प्रमुख प्रवीर कुमार और राजस्व विभाग की प्रमुख सचिव रणुका कुमार के साथ हुई बातचीत के बाद हड़ताली लेखपालों ने अपनी हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है

प्रदेश सरकार ने महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहने के आरोप में संभल और प्रतापगढ़ जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निलम्बित कर दिया है संभल में गत शनिवार को एक महिला के साथ कथित सामूहिक दुराचार के बाद जलाकर मार डालने की घटना प्रकाश में आई थी इस मामले में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं किये जाने के आरोप लगे थे पुलिस का कहना है कि मामले में नामजद पांच अभियुक्तों में से तीन को गिरफ्तार किया गया है सरकार ने त्वरित कार्रवाई नहीं करने के आरोप में पुलिस अधीक्षक आरएमभारद्वाज को निलम्बित कर दिया है उनकी जगह पर यमुना प्रसाद को तैनात किया गया है प्रतापगढ़ म रविवार को एक छात्रा का शव उसके घर से कुछ ही दूर पर पेड़ से लटकता पाया गया था वह छात्रा शनिवार से लापता थी इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं किये जाने के आरोप में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह को निलम्बित कर दिया गया है और उनके स्थान पर देवरंजन वर्मा को नया पुलिस अधीक्षक तैनात किया गया है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में बनाये गये पार्टी के उपाध्यक्ष जय प्रकाश सिंह को उनके पद से हटा दिया है इसके अलावा उन्हें पार्टी के राष्टोय कोआडिनेटर पद से भी हटा दिया गया है नई दिल्ली में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुश्री मायावती ने कहा कि उन्हें अन्य पार्टी के राष्ट्रीय नता के बारे में टिप्पणी और अनगल बातें करने के आरोप में हटाया गया है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कहा कि वह अन्य संतों गुरूओं और महापुरूषों के बारे में अशोभनीय और अभद्र बातों का प्रयोग न करें उन्होंने कहा कि जब तक किसी भी पार्टी के साथ चूनावी गठबंधन की घोषणा नहीं हो जाती तब तक उन्हें इस मामले में कुछ भी बातचीत और टीका टिप्पणी किसी भी स्तर पर नहीं करनी चाहिए यह मामला पार्टी की हाई कमान देखेगी रामपुर जनपद में नये श्रम अधिनियम के अनुसार फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों को अब उनकी मजदूरी बैंक खाते में दी जायेगी एक रिपोर्ट श्रमिक अधिनियम में हुए बदलाव के बाद श्रमिकों को बैंक खाते में मजदूरी दिये जाने का प्रावधान हो गया है फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को अब कैश में भुगतान नहीं किया जा सकेगा इसके अलावा पहले दुकान का रजिस्ट्रेशन कराने में समय लगता था दुकानदार या व्यापारी को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे अब दुकान अधिनियम के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है सहायक श्रमायुक्त एनके शुक्ल ने श्रम अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि नये उद्योग लगाना भी बेहद आसान हो गया है सभी प्रक्रियायें ऑनलाइन हो गई हैं शन्नू खान आकाशवाणी समाचार रामपुर बुन्देलखंड के जनपदों हमीरपुर महोबा बांदा चित्रकूट झांसी जालौन तथा ललितपर में चयनित अट्ठाईस स्मारकों के संरक्षण का काम राज्य पुरातत्व विभाग को दिया गया है

यहां के प्राचीन मंदिरों बावड़ो महल तथा अन्य स्मारकों के संरक्षण की मांग की जा रही है राज्य में उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत अब तक चौरासी लाख इकहत्तर हजार छह सौ इक्यानवें गैस कनेक्शन गरीब परिवार की महिलाओं को उपलब्ध कराये गये हैं सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि इस योजना के अन्तर्गत दो हजार बाईस तक एक करोड़ पच्चीस लाख से अधिक कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है जिसका लगभग अड़सठ प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया है गौरतलब है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है बीस जुलाई को आगरा में होने वाली राज्य स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता दो हजार अट्ठारह उन्नीस की तैयारियां जोरों पर है इस प्रतियोगिता में मथुरा तलवारबाजी संघ की टीम प्रतिभाग करेगी गत वर्ष राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मथुरा के पैंतालीस खिलाड़ियों ने भाग लिया था जिसमें दस स्वर्ण पन्द्रह रजत और बारह कांस्य पदक हासिल किये थे जनपद के गणेशरा स्टेडियम में खिलाड़ियों को कुशल प्रशिक्षकों द्वारा तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है